ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गूजरात के केवडिया के लिए शुरू की जा रही हैं ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जाने वाले पर्यटकों को सुविधा मिले अब गुजरात के अलावा देश के छह राज्यों दिल्ली महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और तामिलनाडू से केवड़िया के लिए सीधा संपर्क स्थापित हो जायेगा

उन्होंने कहा कि ये आयोजन सही मायने में भारत को जोड़ने का प्रयास है अब इन ट्रेनों के शुरू होने से यहां आने वाले पर्यटकों को आसानी होगी

वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार दो सौ नवासी है

राज्य में कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने की दर अंठानवें दशमलव शून्य चार प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के द्वष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था और भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन बारह राज्यों को भेजा गया था सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोर्दी ने कहा कि यह अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है और टीकाकरण के लिए प्राथमिकता ऐसे लोगों को दी जा रही है जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे अधिक रहा है स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के पहले दिन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से वैक्सीन के बारे में अफवाहों और गलत सूचना पर रोक लगाने और सही सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच महीने से तैयारियां चल रही थीं राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को टीकाकरण के पहले दिन की प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों की जानकारी दी उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुछ छोटी मोटी तकनीकी गड़बडियों के बारे में भी बताया क्योंकि टीकाकरण के दौरान लाभार्थियों का विवरण अपलोड करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया गया कि देशभर में लोग वैक्सीन पर विश्वास कर रहे हैं और उसकी सराहना भी कर रहे हैं

यह पुरस्कार इ गवर्नेस में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल वर्चुअल माध्यम से यह प्रस्कार ग्रहण किया मौके पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल के दिनों में कई परिवर्तनकारी पहल की है कार्यालय को पेपर लेस बनाते हुए डीजिटल प्रकिया पर जोर दिया गया है झारखण्ड के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने कहा है कि राज्य भर में आपराधिक घटनाओं पर अंकृश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा हत्याकांड मामले में पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कई टीमें इसमें काम कर रही हैं और बहत जल्द इस हत्या की गुत्थी सुलझा ली जाएगी डीजीपी श्री राव कल रामगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दौरा कर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे इस दौरान उनके साथ क्षेत्र के आईजी साकेत कुमार हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी अमोल वेणुकांत होमकर के साथ रामगढ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार भी उपस्थित थे मौके पर पुलिस महानिदेशक ने सभी वरीय अधिकारियों के साथ अपराध की गतिविधियों पर अंक्श लगाने के लिए एक अहम बैठक की इस मामले में रामगढ़ जिले के पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया छात्रा को पतरातू डैम में फेंकने की बात सामने आ रही है

ई एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह से डाउनलोड किये जा सकेंगे

राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है ठंड की वजह से आमजन का जीवन प्रभावित हुआ है कल राजधानी का न्यूनतम तापमान छह दशमलव तीन डिग्री सेल्शियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों के बाद ही ठंड से राहत मिलने की संभावना है राज्य के दक्षिणी जिलों में न्यूनतम तापमान और एक से दो डिग्री सेल्शियस गिर सकता है

चार टेस्ट मैंच की श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है जबकि एक टेस्ट मैच ड्रा रहा था